राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को पन्द्रह मई के बाद लॉकडाउन विस्तार में दी जाने वाली छूट के संबंध में स्थानीय स्तर पर फैसला लेने की अनुमति दी है इस बीच राजधानी रायपुर बिलासपुर बलरामपुर बलौदाबाजार कांकेर सरगुजा धमतरी कोरबा बेमेतरा और जशपुर जिले में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया है रायपुर जिले में इकतीस मई की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा हालांकि इस दौरान कई व्यावसायिक गतिविधियों की संचालन की छूट रहेगी रायपुर के लिए जारी लॉकडाउन आदेश के मुताबिक सुपर मार्केट बाजार सब्जी बाजार मॉल शो रूम स्वीमिंग पुल क्लब सिनेमा हॉल सेलून और ब्यूरी पार्लर बंद रहेंगे शराब दुकाने और बार भी नहीं खुलेंगे फल और सब्जी के थोक बाजार रात बारह बजे से सुबह छह बजे तक खुलेंगे पान ठेला चौपाटी चाट समोसा गुपचुप और फास्ट फूड द्कानों के संचालन की अनुमति नहीं होगी वहीं होटल और रेस्टोरेंट से सुबह छह से रात नौ बजे तक होम डिलेवरी हो सकेंगी आदेश में कहा गया है कि किराना डेली नीड्स फल सब्जी अंडा मछली दूध की द्कानें शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी वहीं सरगुजा कोरबा बेमेतरा और धमतरी जिले में भी लॉकडाउन की अवधि कुछ शर्तो के साथ व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की छूट प्रदान करते हुए इकतीस मई तक बढ़ा दी गई है इसी तरह बिलासपुर और बलौदाबाजार में चौबीस तथा जशपुर जिले में तेईस मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है कांकेर जिले में भी लॉकडाउन की अवधि एक जून की सुबह छह बजे तक बढ़ाई गई है इस दौरान रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा कोरोना समाचार देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर घट रही है और स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल पन्द्रह दशमलव शून्य सात प्रतिशत मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है वर्तमान में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव आठ तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है अब तक दो करोड़ चार लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के सात हजार पांच सौ चौरानवे नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या आठ लाख निन्यानवे हजार से ज्यादा हो गई है वर्तमान में लगभग एक लाख सोलह हजार मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से एक सौ बहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है राज्य सरकार के मुताबिक बेहतर टेस्टिंग ट्रेसिंग टीकाकरण और उपचार से कोरोना पर काबू पाने में छत्तीसगढ़ कामयाब हुआ है प्रदेश में प्रतिदिन दस लाख आबादी पर दो हजार एक सौ संतानवे टेस्ट किए जा रहे हैं उनतालीस लैबों में ट्र् नॉट और पन्द्रह लैबों में आरटी पीसीआर की सुविधा उपलब्ध है प्रदेश में छह मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित सैंतीस डेडिकेटेड कोविड अस्पताल तथा एक कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं शासकीय डेडिकेटेड अस्पताल में पांच हजार दो सौ चौरानवे बेड और कोविड सेंटर में सोलह हजार चार सौ पांच बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है

राज्य में कोविड परीक्षण की संख्या बढ़ाई गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाना कोरोना संक्रमण में सुधार का प्रमुख कारण रहा है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है इसके लिए बारह हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है सभी जिलों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम बनाकर पॉजिटिव पाए गए लोगों के नजदीकी संपर्क में आए व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है और लक्षण दिखने पर इन लोगों की कोविड जांच भी कराई जाती है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों को दवा की किट दी जा रही है और उनको होम आइसोलेशन में रहने की सलाह भी दी जाती है कोशिश की जाती है कि कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का चिन्हांकन अड़तालीस से बहत्तर घंटे के भीतर कर लिया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में मदद मिल सके विकल्प श्क्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर

इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है कल चालीस हजार दो सौ छियासठ लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए वहीं प्रदेश में अट्ठारह से चवालीस वर्ष आयु वर्ग के तीन लाख निन्यानवे हजार से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं इस बीच आज छह लाख चवालीस हजार चार सौ दस र्वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंची स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कोविशील्ड की खेप को विमान से उतारा गया इसमें राज्य सरकार की दो लाख संतानवे हजार एक सौ दस और केन्द्र सरकार की तीन लाख सैंतालीस हजार तीन सौ कोविशील्ड वैक्सीन शामिल हैं केन्द्र की वैक्सीन पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी साथ ही एपीएल और फंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाई जाएगी जबकि राज्य सरकार की वैक्सीन अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगेगी कोरोना मदद कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण निभा रही है जिले में कार्यरत् बैंक सखियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक उपायें अपनाते हुए ग्राम स्तर पर ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं लॉकडाउन के दौरान जिले में बैंक सखियों ने लगभग एक करोड़ इंक्यावन लाख रूपए का ट्रांजेक्शन किया है इस दौरान हितग्राहियों और ग्रामीणों को सतर्कता बरतने और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है वहीं राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष पदम कोठारी जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं इस दौरान उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से कोरोना टीका लगवाने की अपील भी की है इस बीच डोंगरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम और उनकी टीम ने मां बम्लेश्वरी अस्पताल कोविड सेंटर पहुंचकर मरीजों के लिए तीस नग ऑक्सीजन जम्बो सिलेंडर प्रदान किए वहीं डोंगरगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाने के पहले रक्तदान करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया उधर सुकमा जिले में अंदरूनी इलाकों के तेरह गांवों में कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है इन गांवों में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के शत प्रतिशत लोगों ने कोरोना टीका लगवा कर मिसाल पेश की है इसी तरह बिलासपुर जिले के मस्तुरी में एक पुराने निर्माणाधीन आदिवासी छात्रावास को जन सहयोग से जुटाई गई दस लाख रूपए की राशि से पन्द्रह दिनों में ही कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार कर लिया गया है यहां कुल तीस बेड हैं इनमें दस ऑक्सीजन और बीस बिना ऑक्सीजन वाले बेड शामिल हैं

शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए वर्चुअल स्कूल में प्रवेश शीघ्र शुरू होगा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के तहत संचालित इस वर्चुअल स्कूल के अंतर्गत कक्षा नवमीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे विद्यार्थियों का प्रवेश पढ़ाई और परीक्षा सहित अन्य सभी शैक्षणिक कार्य ऑनलाइन पद्धति से होंगे कक्षा नवमीं और दसवीं के लिए हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत गणित विज्ञान और वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी इसी तरह कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए कला विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार वर्चुअल स्कूल के तहत कक्षा नवमीं और दसवीं के लिए सभी छह विषय अनिवार्य होंगे तथा ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए विद्यार्थी कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय लेकर प्रवेश ले सकते हैं वर्चुअल स्कूल के पोर्टल में विद्यार्थी पात्रता अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे वर्चुअल स्कूल का पाठयक्रम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठयक्रम में तीस प्रतिशत कटौती कर तैयार किया गया है इस बीच प्रदेश के शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शैक्षणिक सत्र दो हजार इक्कीस बाईस के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है कक्षा पहली से बारहवीं कक्षा तक रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आगामी दस जून तक आवेदन किए जा सकेंगे राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में एक सौ बहत्तर अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं ब्लैक फंगस प्रदेश में ब्लैक फंगस के खतरों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं इस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक हर जरूरी दवा प्रदेश के हर जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ब्लैक फंगस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जिलों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं वहीं स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए तकनीकी समिति के विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को जारी किया है एडवायजरी में कहा गया है कि ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण है यह उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता जो दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित है और दवाइयां ले रहे हैं इससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है यदि इस बीमारी का इलाज समय पर नहीं किया गया तो यह घातक हो सकती है स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा इस बीच राजनांदगांव जिले में ब्लैक फंगस के चार संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि इन संदिग्ध मरीजों को रायपुर रिफर किया गया है और वहां से रिपोर्ट आना बाकी है वहीं बिलासपुर जिले में भी ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है इस संबंध में डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने पर तत्काल उसका इलाज किया जाए आईएएस प्रभार राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रेणुजी पिल्ले को अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विकास आयुक्त महानिदेशक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान तथा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है वहीं प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मौसम छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून आगामी दस जून तक बस्तर पहुंचने की संभावना है

मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्यप्रदेश के ऊपर स्थित है साथ ही प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है जिसके कारण छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर आगामी चौबीस घंटों के दौरान अंधड़ चलने के साथ हल्की वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है इस बीच प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने से कई इलाकों में अंधड़ के साथ हल्की बारिश हो रही है बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के समाचार मिले हैं बे मौसम बारिश से ग्रीष्मकालीन धान की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है धमतरी और बालोद जिले में आंधी तूफान और बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल गिर गई है

इसकी कीमत लगभग आठ लाख रूपए बताई जा रही है